फेसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा कल निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी मतदान के समाप्त होने के आखिरी अड़तालिस घंटों में किसी को भी राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया संगठनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है तुरंत प्रभाव से लागू इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना है भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक होली का त्योहार आज प्रदेश भर में धार्मिक सद्भावना और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है लोग आज सुबह रंग अबीर और गुलाल लेकर घरो से निकल पड़े तथा एक दुसरे को रंगो से सराबोर करते हुए पर्व की बधाई दी नौजवानों की टोलियां पारम्परिक होली के गीत गाते हुए ढोल नगाडों के साथ निकली और जमकर होली खेली प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में होली कार्यक्रमों में हिस्सा लिया यहां ऐतिहासिक भगवान नरसिंह यात्रा जुलूस निकाला गया इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाईचारे का पर्व है और किसी पर जबरन रंग नहीं डाला जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे जातिवाद और छुआछूत से ऊपर उठकर ऐसे समाज का निर्माण करें जहां समता और भाईचारा हो उन्होंने कहा कि होली का त्योहार हमें सिखाता है कि हम होलिका दहन में अपनी सभी हताशाओं और बुराई को जला दें तथा सद्भाव और भाईचारा अपनाएं ब्रज तथा अवध क्षेत्र में पर्व का विशेष उत्साह रहा समूचे ब्रज मण्डल में आज होली की धूम रही चारो ओर होली के गीत गाये जा रहे हैं और लोग अवीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को पर्व की बघाई दे रहे है मथुरा और कुन्दावन के मंदिरो में होती का विशेष उत्साह है बांके बिहारी जी मंदिर ठाकुर राधाबल्लभ मंदिर राधारमण मंदिर निधिवनराज मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मूमि पर भारी संख्या में लोगों ने जमकर होली खेली इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भी होली का उत्साह चरम पर है अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरो में जमकर होली खेली गयी वहां होली रंगभरी एकादशी के दिन से ही गुरू हो जाती है होली के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये थे प्रदेश में आज कई स्थानों पर होली की शोभा यात्राएं निकाली गयीं शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला गया बताया गया है कि वहां लगभग सौ वर्षो से इस जुलूस को निकालने की परम्परा है पीलीभीत बलरामपुर अमरोहा में धार्मिक सदभाव के साथ त्योहार मनाया जा रहा है वाराणसी में गंगा के घाटो पर विदेशी पर्यटकों द्वारा खेली गयी होली आकर्षण का केन्द्र रही यहां होली का लुत्क उठाने के लिए विदेशी सैलानी कई दिन पहले से ही आना शुरू हो गये थे अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान से कहा है कि वह अपनी जमीन में पनप रहे जैश ए मोहम्मद और लश्करे ए तैयबा जैसे आतंकी गुटों पर ठोस और सार्थक कार्रवाई करें व्हाइट हाऊस में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि यदि पाकिस्तान ने आतंकी गुटों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तथा भारत पर एक और आतंकी हमला हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए बेहद समस्या भरा होगा आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान की कार्रवाई संबंधी सवाल के जवाब में अधिकारी ने बताया कि कुछ श्रूआती कार्रवाई हुई है लेकिन अभी इसका पूरा आकलन करना जल्दबाजी होगी अमरीका ने कहा है कि यह चीन की जिम्मेदारी है कि वह पाकिस्तान का बचाव नहीं करे उसका मानना है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साथ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान पर उसकी धरती पर फल फूल रहे आतंकियों पर कार्रवाई करने का दबाव डाला जा सके ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को रोकने के चीन के फैसले पर गंभीर निराशा व्यक्त की उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना चीन और अमरीका के साझा हित में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवरिया से सांसद कलराज मिश्र ने लोकसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा की है श्री मिश्र ने आज देवरिया मे कहा कि पार्टी संगठन के काम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यह फ़ैसला किया है श्री मिश्र ने कहा कि पार्टी ने उन्हें हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया है इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र राज्य की संगठन सम्बन्धी ज़िम्मेदारी भी दी गयी है उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनाव न लड़ने के फैसले से अवगत करा दिया है गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र में बेइली खुर्द गांव के समीप सरयू नदी में कल स्नान करने गये पांच युवकों की डूब जाने से मृत्यु हो गयी सभी मृतकों के शव ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से देर रात नदी से निकाल लिया गया है सभी मृतक छात्र थे